राज्य सरकार ने बाढ़ से हये नूकसान का ब्यौरा केंद्रीय टीम को सौंपा

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आयकर आयुक्त नीरज सिंह के खिलाफ मामले में पटना समेत कोलकाता और मुंबई स्थित उनके छह ठिकानों पर छापेमारी की इससे पहले नीरज सिंह पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया था प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है नीरज सिंह द्वारा पद का दुरुपयोग कर अपने साथियों को अनुचित फायदा पहुंचाने और बहुत अधिक सम्पत्ति जमा करने से संबंधित कोलकाता पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है भोजपुर और पटना जिले से जुड़े सेक्स रैकट मामले में आरोपित राजद विधायक अरूण यादव की तलाशी के लिये पूलिस ने छापेमारी तेज कर दी है पॉक्सो की विशेष न्यायालय द्वारा वारंट जारी किये जाने के बाद भोजपुर पुलिस ने राजद विधायक के पटना स्थित आवास पर छापेमारी की पुलिस ने जक्कनपुर कंकड़बाग और दीघा में विधायक से जूड़े ठिकानों पर छापेमारी की

जीएसटी नेटवर्क ने नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाकर में गड़बडियों को रोकना है जीएसटी नेटवर्क मंत्री समूह के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आधार सत्यापन वैकल्पिक था उन्होंने कहा कि जो लोग आधार प्रमाणन नहीं चाहते हैं उन्हें स्वयं जाकर सत्यापन कराना होगा और यह प्रक्रिया तीन दिन में पूरी होगी राज्य सरकार ने बाढ़ से हुयी क्षति का आकलन करने आयी केंद्रीय टीम को नये सिरे से नुकसान का आकलन और ज्ञापन सौंप दिया है आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने केंद्रीय टीम को सौंपे ज्ञापन में सत्ताईस सौ करोड़ रूपये सहायता की मांग की है केंद्रीय टीम के सदस्य राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस संबंध में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे पटना हाई कोर्ट सहित राज्य के सभी जिला और अनुमंडल न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत लगायी गयी लोक अदालत में एक दिन में पैंतालीस हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील दत्त मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत उपयोगी और उत्साह वर्धक रही अगली लोक अदालत चौदह दिसंबर को लगायी जायेगी उन्होंने कहा कि लोक अदालत के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस वर्ष होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी में मैथिली विषय को भी शामिल कर लिया है बिहार बोर्ड ने पेपर ट्र में मैथिली विषय को शामिल करते हुये एक सौ पांच पदों के खाली होने की जानकारी दी है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि एसटीईटी के पेपर टू के अंतर्गत मैथिली विषय के लिये ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म और परीक्षा शुल्क समिति की वेबसाइट पर पंद्रह से पच्चीस सितंबर तक भरा जा सकता है राज्य में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून अगले एक सप्ताह तक कमजोर स्थिति में रहेगा हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय रहने के कारण राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है मौसम विभाग ने सत्रह सितंबर तक राजधानी पटना समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में चक्रवाती हवा के प्रभाव से बूंदाबांदी की संभावना जतायी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना में पांच दशमलव छह गया में तीन दशमलव आठ भागलपुर में दो और पूर्णिया में एक मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक में सात निश्चय के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि छात्रों को स्ट्रेडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत शिक्षा ऋण मिलने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिये बैठक में मुख्यमंत्री ने सात निश्चय के विभिन्न योजनाओं की विभागवार समीक्षा की और इसके कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने योजनाओं को लागू करने में विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल और समन्वय बनाने का भी निर्देश दिया बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद थे राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विभाष चंद्र झा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति अवध किशोर राय को सौंपा गया है इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से की गयी गोलाबारी में शहीद जवान कमलेश कुमार सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जायेगा कल शहीद का पार्थिव शरीर पटना लाया गया और आज सुबह दानापुर छावनी से पैतृक स्थान पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड के लखनपुरा गांव रवाना कर दिया गया इस दौरान शहीद की अंतिम यात्रा में लोगों का भारी हुजूम उमड़ रहा है अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल होंगे प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में चलायी जा रही उन्नयन बिहार योजना की निगरानी के लिये जिला मुख्यालयों में मॉनिटरिंग केंद्र बनाये जायेंगे हर जिले में चार सदस्यीय मॉनिटरिंग सेल गठित किया जायेगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि प्रदेश के पांच हजार छह सौ माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की शुरूआत की जा रही है जिसके माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लायी जायेगी इसके साथ ही विद्यालयों में संसाधन भी बढ़ाये जायेंगे पटना और आरा के बीच स्थित कोईलवर सड़क पुल के उत्तरी लेन पर आज वाहनों का परिचालन बंद रहेगा पुल पर मरम्मती कार्य को लेकर प्रशासन ने पहले ही परिचालन बंद किये जाने की सूचना दी है हालांकि इस दौरान दक्षिणी लेन पर वाहनों का आना जाना जारी रहेगा प्रशासन ने जाम की परेशानी से बचने के लिये लोगों से वैकल्पिक रास्ता अपनाने की अपील की है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया है कि चेकिंग के दौरान लोगों को अनावश्यक परेशान न करें उन्होंने चेकिंग के दौरान लोगों से शालीन व्यवहार करने की अपील की है चार वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिले के लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज होगी इसके लिये पटना में अठारह और मुजफ्फरपुर में छह केंद्र बनाये गये हैं इस परीक्षा में लगभग बीस हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने सभी प्रखंडों में मत्स्यजीवी समिति गठित करने का निर्देश दिया है कैमूर पुलिस ने बारूदी सुरंग विस्फोट कर तीन पुलिसकर्मियों की हत्या करने के आरोप में दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है नालंदा में खेली जा रही राज्य स्तरीय सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता में पटना और बक्सर की टीम ने जीत से शुरूआत की है बालिका वर्ग में पटना ने मुंगेर को पांच शून्य से जबकि बालक वर्ग में बक्सर ने गया को एक पाली और छह अंकों से हरा दिया सीवान में बीस से बाईस सिंतबर तक छब्बीसवीं राज्य सब जूनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है अटके घरों के लिये बीस हजार करोड़ की सौगात दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है शिक्षा ऋण मिलने में न हो कोई बाधा दैनिक भास्कर की सुर्खी है छब्बीस लाख ओला उबर कैब कार की बिक्री पांच माह में तीन लाख घटी प्रभात खबर की सुर्खी है संजय जायसवाल बने बिहार भाजपा के अध्यक्ष इसके अलावा अखबारों ने अमित शाह बोले हिंदी से जुड़ेगा देश विरोधी भड़के निर्यात में तेजी लाने के लिये छह कदम पैंसठ लाख की ब्राउन शुगर के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार से जुड़ी खबर को भी प्रमुखता दी है

राज्य सरकार ने बाढ़ से हुये नुकसान का ब्यौरा केंद्रीय टीम को सौंपा